राजनाथ सिंह रक्षामंत्री और अमित शाह गृहमंत्री बने

प्रकाश जावडेकर नये सूचना और प्रसारण मंत्री होंगे वे वन और पर्यावरण मंत्रालय भी संभालेंगे अन्य मंत्रियों के विभाग हैं नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यम डी वी सदानंद गौड़ा रसायन और उवर्रक राम विलास पासवान खाद्य उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास और पंचायत रविशंकर प्रसाद विधि और न्याय संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी हरसिमरत कौर बादल खाद्य प्रसंस्करण थावर चंद गहलोत सामाजिक न्याय और आधिकारिता रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास अर्जुन मुंडा जनजातीय मामले स्मृति ईरानी महिला बाल विकास और वस्त्र डॉ हर्षवर्धन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पृथ्यी विज्ञान पीयूष गोयल रेल वाणिज्य और उद्योग धर्मेद्र प्रधान पैट्रोलियम प्राकृतिक गैस और इस्पात मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामले प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य कोयला और खनन डॉ महेंद्र नाथ पांडेय कौशल विकास और उद्यमिता अरविंद गणपति सावंत भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम गिरिराज सिंह पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैँ संतोष कुमार गंगवार श्रम और रोजगार राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना श्रीपद यशो नाइक आय्ष रक्षा डॉ जितेंद्र सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास फ्र्वानमंत्री कार्यालय कार्मिक जनशिकायत और पेंशन किरेन रिजिजू खेल एवं युवा अल्पसंख्यक कार्य प्रहलाद सिंह पटेल पर्यटन और संस्कृति राज कुमार सिंह कौशल विकास बिजली नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा हरदीप सिंह प्री आवास और शहरी मामले नागरिक उडुयन मनसुख मंडाविया जहाजरानी राज्य मंत्रियों में शामिल हैं फग्गनसिंह कुलस्ते इस्पात अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य भारी उद्योग जनरल सेवानिवृत्त यी के सिंह सड़क परिवहन राजमार्ग कृष्णपाल ग्र्जर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राव साहब दानवे खाद्य उपमोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण जी किशन रेड्डी गृह पुरुषोत्तम रूपाला कृषि और किसान कल्याण रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास संजीव क्मार बालियान पश्पालन डेयरी और मत्स्य बाबुल सुप्रियो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन संजय शामराव मानव संसाधन विकास और संचार अनुराग सिंह ठाकुर वित्त और कॉरपोरेट अंगदी सुरेश रेल नित्यानंद राय गृह रतन लाल कटारिया जल शक्ति सामाजिक न्याय और अधिकारिता वी मुरलीधरन विदेश और संसदीय कार्य रेणुका सिंह सरुता जनजातीय मामले सोम प्रकाश वाणिज्य और उद्योग रामेश्वर तेली खाद्य प्रसंस्करण प्रताप चंद्र सारंगी सूक्षम छोटे और मझौले उद्योग कैलाश चैघरी कृषि और कल्याण किसान देबाश्री चौघरी महिला और बाल विकास इस बीच गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जल शक्ति मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है

बैठक में संसद सत्र श्रू होने की तारीख पर फैसला लिया जा सकता है इस सत्र के दौरान लोकसभा के नये सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कई विदेशी नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की उन्होंने आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना के साथ मुलाकात की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की राष्ट्रपति सिरीसेना ने क्षेत्र में शांति खुशहाली और सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ करने में मिलकर काम करने की फिर इच्छा व्यक्त की फ्र्यानमंत्री श्री मोदी ने श्रीलंका के साथ दोस्ताना संबंध और मजबूत करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्वता दोहराई प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दल हामिद के साथ भी बैठक की और आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श किया नरेन्द्र मोदी ने मॉरीश्रस के प्रधानमंत्री प्रविन्द कुमार जगनॉथ से भी मुलाकात की दोनों नेताओं ने विकास में सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की उन्होंने दोनों देशों और हिन्द महासागर क्षेत्र की सुरक्षा तथा विकास के साझा सपने को हासिल करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की नरेन्द्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली और भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की प्रधानमंत्री ने कल किर्गिज्स्तान के राष्ट्रपति सुरोनवे जीनबेकॉफ के साथ राष्ट्रपति भवन में बैठक की राष्ट्रपति जीनबेकॉफ ने प्रधानमंत्री को हार्दिक द्वाई दी और तेरह से पन्द्रह जून के दौरान शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिज्स्तान आने का फिर निमंत्रण दिया

लखनऊ कानपुर वाराणसी इलाहाबाद और गोरखपुर सहित विभिन्न शहरों में अलग अलग मस्जिदों पर अलविदा की नमाज अदा करने के लिये भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्र हुये